मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छ्क हैं वे सभिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे पीठ ने संसद द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुये कहा कि अदालत इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तृत करेगी उन्होंने कहा कि समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों को ले जाने के लिए पहली दो खेप स्पाइस जेट और गो एयर द्वारा पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गई एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की साढ़े छप्पन लाख खूराक को लेकर आज एयरइंडिया स्पाइसजेट गो एयर और इंडिगो की नौ उड़ानें दिल्ली चेन्नई कोलकाता गुवाहाटी शिलांग अहमदाबाद हैदराबाद विजयवाड़ा भुवनेश्वर पटना बेंगलुरू लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए रवाना की गई

आज का प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति कैंसर मधुमेह उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की दवा ले रहा है तो क्या वह कोराना वैक्सीन ले सकता है इसेका उत्तर है जी हॉ इनमें से एक या एक से अधिक स्वास्थ्य परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में माना जाता है उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन कराने की आवश्यकता है

हमारे और श्रोता भी कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जुड सकते हैं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

राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे अपने यहां जलाशयों पक्षियों के बाजारों चिडियाघरों और मुर्गी पालन फार्मो की निगरानी बढाने के साथ ही कचरे के निष्पादन पर ध्यान दें मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान सहित देश के दस राज्यों में बर्ड फ्ल की पृष्टि हई है इस बीच जयपुर में आज मुर्गीपालकों और आमजन को बर्ड फ्लू के बारे में जागरूक करने के लिये कृषि और पशुपलन मंत्री लालचन्द कटारिया ने फोल्डर और न्यूज लैटर का विमोचन किया

उन्होंने कहा कि नई ॅनीति में युवाओं की समझ और उनके निर्णयों तथा सोच का विकास करने को प्राथमिकता दी गई है दूसरे राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया और इसी से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला शिक्षा मंत्री रेमश पोखरियाल निंशक तथा युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी युवा महोत्सव को संबोधित किया

इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद करते हुए पृष्पांजलि अर्पित की

जालौर में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया बीकानेर में भी विवेकानंद पार्क में माल्यार्पण कार्यक्रम हुआ ब्रूंदी में राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को योग के बारे में जागरूक किया गया सवाईमाघोपुर में नेहरू युवा केन्द्र के स्वय सेवको ने स्वामी विवेकानन्द के चित्र पर प्रष्पांजलि अर्पित की और कैच द रेन कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण की शपथ ली बीकानेर में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम आयोजित किया

मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद मतगणना की जायेगी

विभाग ने चूरू सीकर झुंझुनूं और अलवर जिले में अति शीतलहर की चेतावनी दी है